देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नौ उद्योगों को दी गई छूट भी वापस ले ली गई है केन्द्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस निर्देश का अनुपालन कराने के लिए लिखा है श्री भल्ला ने सभी निर्माण ईकाइयों से तरल ऑक्सीजन का उत्पादन अधिकतम करने और इसे तत्काल प्रभाव से चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है तरल ऑक्सीजन के सभी भंडार भी चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे श्री भल्ला ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के उपयोग को लेकर किसी भी उद्योग को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी भारतीय वायुसेना देश में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है गृह मंत्रालय ने बताया है कि वायुसेना ने कल ऑक्सीजन सिलेंडर उदयपुर से जामनगर भेजे मंत्रालय के अनुसार सड़क मार्ग से लाया गया पहला टैंकर तीन घंटे में खाली करके फिर से भरने के लिए विमान से वापस भेजा गया हमारे संवाददाता ने बताया कि गुजरात के जामनगर से आज लिक्विड ऑक्सीजन लेकर एक टेंकर उदयपुर आ रहा है जिसके अगले चार पांच घंटों में यहां पहुंचने की उम्मीद है

इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हांसिल किया जा सके अमरीकी सरकार ने भारत में कोविड वैक्सीन निर्माताओं के लिए जरूरी कच्ची सामग्री के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है देश में कोविड संक्रमण में तेज बढोतरी के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा कि अमरीका कोरोना महामारी से निपटने में भारत की मदद के लिये ठीक उसी तरह तत्पर है जैसे महामारी के शुरूआती दौर में अमरीकी अस्पतालों पर दबाव बढ़ाने पर भारत ने मदद की थी प्रदेश में नई गाईडलाईन के तहत आज से आपातकालीन सेवाओं को छोडकर बाकी सभी निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर प्रतिबंध है पुलिस जिलों की सीमाओं पर बेरीकेड्स लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है

शास्त्रीय गायक पद्मभूषण पण्डित राजन मिश्र का कल दिल्ली में निधन हो गया राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजन मिश्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि श्री राजन का निधन संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे है जन अनुशासन पखवाडे के तहत कोरोना गाईड लाईन्स की सख्ती से पालना करवाई जा रही है भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में लोगों को करोना संकमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है साथ ही कोविड गाईड लाईन्स का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है